मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न बाराबंकी में वन महोत्सव दो हजार अट्ठारह की शुरूआत करते हुए कहा कि प्रदेश में व्यापक स्तर पर पौधा रोपण अभियान चलाया जायेगा उन्होंने औषधीय गुणों और धार्मिक महत्ता वाले पौधों को लगाये जाने के भी निर्देश दिये उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर व्यक्ति को एक वृक्ष लगाने का संकल्प लेना चाहिए

उन्होंने बाराबंकी देवा शरीफ में नदी के आसपास ग्राम समाज की ओर से वृक्ष लगाये जाने का भी आहवान किया

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर तीन लाख छाछाठ हजार मृदा स्वास्थ कार्ड भी वितरित किये

प्रदेश में आज विभिन्न जिला में वन महोत्सव के उपलक्ष्य में वृक्षा रोपण के कार्यक्रम आयोजित किये गये राज्यपाल राम नाईक ने राजधानी स्थित राज भवन की धनवन्तरी वाटिका में गंधराज का पौधा रोपित किया और कहा कि विशेष अवसर पर पौधों को ही उपहार स्वरूप भेंट किये जाने की परम्परा शुरू की जानी चाहिए

पूरनपुर के विधायक बाबूराम पासवान और जिलाधिकारी डॉक्टर अखिलेश मिश्रा ने अपार जन समूह के साथ पौधरोपण किया जिलाधिकारी डॉक्टर अखिलेश मिश्रा ने इस अवसर पर प्रत्येक जनपदवासी से एक पेड़ जरूर लगाने की अपील की ताकि पीलीभीत की प्राकृतिक सुंदरता कायम रह सके सोनभद्र जिले में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुये इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सोन पढ़ेगा सोन बढ़ेगा पुस्तक का विमोचन करते हुये स्कूली बच्चो को सोलर लैंप तथा स्कूल ड्रेस का वितरण भी किया मुख्यमंत्री ने सोन स्वावलंबन योजना के अंतर्गत सिलाई मशीन भी बांटी मुख्यमंत्री ने बभनी बिकास खण्ड को ओडीएफ घोषित किये जाने के साथ ही विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया मुख्यमंत्री ने कानून ब्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों से लापरवाही न बरतने को कहा प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि केन्द्र सरकार दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती को प्रोत्साहित करना चाहती है और इसीलिए इनके न्यूनतम समर्थन मूल्य में विशेष बढ़ोत्तरी की गई है आकाशवाणी समाचार लखनऊ से विशेष बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि दालों की खेती को प्रदेश सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है और इसी क्रम में पिछले वर्ष से दाल की खरीद शूरू की गई

किसान प्रोत्साहित होकर के उसको लगाएगा तो इससे जो है वह खेती का रकबा भी बढ़ने वाला है

केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने आज कहा कि केन्द्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने जन धन योजना के तहत खाते खोलने और स्वच्छ भारत जैसे अभियानों को लेकर प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही है आज सिद्वार्थनगर में ग्राम स्वराज अभियान के तहत एक चौपाल को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार किसानों गरीबों और युवाओं के लिए काम कर रही है इस कार्यक्रम में भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल भी मौजूद थे

नेपाल में सिमिकोट और हिल्सा में फंसे कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालने का काम सफलता पूर्वक सम्पन्न हो गया बाकी बचे एक सौ साठ तीर्थयात्रियों को आज सवेरे विमान से सुरक्षित निकाला गया हमारे संवाददाता ने बताया है कि काठमाण्ड् में भारतीय द्रतावास की कड़ी मेहनत से पिछले पांच दिन में सिमिकोट से एक हजार चार सौ से अधिक तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला गया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फंसे हुए भारतीय तीर्थयात्रियों का कुशल क्षेम पूछने के लिए स्वंय विदेश मंत्रालय और अन्य शीर्ष अधिकारियों के संपर्क में थे बचाव अभियान में नेपाली सेना उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय रेलवे न भी महत्वपूर्ण योगदान दिया

सहारनपुर में पांवधोई नदी को पुनर्जीवित करने के लिये आयुक्त विधायक तथा मेयर समेत कई लोग इसकी सफाई के लिये आज नदी में उतरे पांवधोई नदी को प्रनर्जीवित करने के लिए आयुक्त चंद्रप्रकाश त्रिपाठी मेयर संजीव वालिया विधायक देवेंद्र निम पूर्व विधायक महावीर राणा और भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित गगनेजा समेत सैकड़ों लोगों ने बाबा लालदास बाड़ा घाट पर स्वच्छता अभियान की शुरूआत की

समाप्त